बजट में रोजगार सुजन के लिए दो नई योजनाओं की घोषणा की गयी

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक आज नयी दिल्ली में होगी

प्रदेश सरकार ने कल राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का वार्षिक बजट पेश किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पांच लाख बारह हजार आठ सौ साठ करोड़ रूपये से अधिक की बजट मांगों को विधानसभा में पेश किया

उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विधान परिषद के पटल पर बजट रखा बजट में किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं किया गया है बजट में बुनियादी ढांचा सामाजिक सुरक्षा और युवाओं को रोजगार देकर उनके विकास पर विशेष रूप से बल दिया गया है बजट में गौतमबुद्ध नगर जिले में बनने वाले जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये दो हजार करोड़ रूपये मेरठ से प्रयागराज के बीच प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिये भी दो हजार करोड़ रूपये वाराणसी और गोरखपुर मेट्रो के लिये पांच सौ करोड़ रूपये कानपुर मेट्रो के निर्माण के लिये तीन सौ अट्ठावन करोड़ रूपये आगरा मेट्रो के लिये दो सौ छियासी करोड़ रूपये की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है बजट में अयोध्या में हवाई अड्डे के लिये पांच सौ करोड़ रूपये का प्रस्ताव है बजट में पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास पर विशेष रूप से बल दिया गया है इसके अंतर्गत सरकार ने बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिये दो सौ करोड़ रूपये और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिये भी दो सौ करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की है पूर्वांचल विकास निधि के लिये तीन सौ करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं और बुंदेलखंड विकास निधि के लिये दो सौ दस करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया गया है बजट में य्वाओं के लिए रोजगार सुजन हेत् दो नयी योजनाओं मुख्यमंत्री शिक्षता प्रोत्साहन योजना और य्वा उद्यमिता विकास अभियान के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने का भी प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश को पांच ट्रिलियन डॉलर और प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में बजट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी उन्होंने बजट को समाज के हर वर्ग के विकास का बजट बताते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक बजट है जिसका आकार पहली बार पांच लाख करोड़ रूपये को पार कर गया है चौथा बजट हमारी सरकार को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है

समाज के प्रत्येक तबके को सम्मान देते हुए बजट आगे बढ़ा है

इस लक्ष्य को प्राप्त करने में इस बजट की बड़ी भूमिका होगी प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बजट को जन कल्याणकरी बताते हये कहा है कि बजट में राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने की ठोस नींव रखी गई है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को जनकल्याणकारी और शानदार बजट पेश करने के लिये बधाई दी है उन्होंने कहा कि यह बजट गांवों गरीब किसानों युवाओं महिलाओं और व्यापारियों के साथ समाज के सभी वर्गो के विकास को समर्पित है पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया बजट राज्य में आध्निक बुनियादी ढांचे को गति प्रदान करेगा उन्होंने कहा कि बजट में क्रषि क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण और चिकित्सा की आधारभूत संरचना के लिये किए गए प्रावधानों से आमजन को लाभ मिलेगा पूर्व केंद्रीय मंत्री और केन्द्र सरकार में भाजपा की सहयोगी अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने बजट को किसानों तथा य्वाओं के हित में बताया है उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना के अंतर्गत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ दो हजार पांच सौ रुपए मासिक भत्ता देने की घोषणा की सराहना की उधर विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना की है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बजट में विजन और रोडमैप का अभाव है बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बजट को जन आकांक्षाओं के साथ छलावा बताया श्रीराम जन्ममूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी केन्द्र सरकार ने पिछले दिनों पन्द्रह सदस्यीय इस ट्रस्ट की स्थापना अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए की है बैठक में राम मंदिर निर्माण की तिथि निर्घारित करने सम्बंधी निर्णय लिया जा सकता है अयोध्या से महन्त नृत्य गोपालदास विशेष आमंत्रण पर बैठक में भाग लेने के लिए कल नई दिल्ली के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में तेईस फरवरी को देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किये हैं लोग अपने सुझाव एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर रिकार्ड करवा सकते हैं श्रोता नमो ऐप ओपन फोरम या माई गाँव पर भी संदेश भेज सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर कॉल भी कर सकते हैं ये सुझाव शनिवार तक भेजे जा सकते हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नेपाल की सीमा से लगे गांवों में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिये विशेषज्ञ दल गठित करने के बाद प्रदेश में नेपाल से जुड़ी सीमा वाले जनपदों महराजगंज सिद्दार्थनगर बलरामप्र श्रावस्ती बहराइच लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है हमारे बलरामपुर प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट जनपद बलरामपुर के भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में कोरोना वायरस के प्रति विशेष सतर्कता बरती जा रही है नेपाल से आने वाले प्रमुख रास्तों पर विशेष नजर रखी जा रही है मुख्य चिकित्साधिकारी घनश्याम रिंह ने बताया समी ब्रूथों पर चेक करने के लिए हमारे टीम मौजूद है और अभी तक कोई सस्पेक्टेड केस बार्डर से पार करता हुआ नहीं पाया गया स्क्रीनिंग हमारी जारी है एक वेडिकेटेड एम्बुलेन्स है कि अगर कोई बीमार मिलता है तो उसे लेकर जिला अस्पताल आएगी जहां आईसोलेटेड वार्ड एक बना हुआ है यहां से जो पढ़ रहे थे बच्चे सीधे आए थे उसमें से एक को सिम्टम हुआ था पांच में तो उसको भर्ती किया गया था जांच कराया गया था जो निगेटिव पाया गया बाकी सभी बच्चे हेल्दी हैं स्वास्थ्य विभाग के अलावा सशस्त्र सीमा बल भी आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रही है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नीस फरवरी दो हजार पन्द्रह को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था इसका उद्देश्य किसानों को हर दो साल बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है ताकि उन्हें अपनी जमीन में पोषक तत्वों की कमी का पता चल सके प्रदेश में भी किसानों को उनके खेतों की मिटटी में पोषक तत्वों की मात्रा की जानकारी देने के लिए बड़ी संख्या में मुदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गये हैं जनपद कौशाम्बी के उप निदेशक कृषि उदयभान सिंह ने बताया कि जिले में किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं जनपद में हमारे प्रत्येक विकासखण्ड में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक मॉडल गांव के रूप में चयन किया गया जिसमें समस्त किसानों के खेतों के मिट्टी का नमूना लिया गया और उन्हें जांच करते हुए हमने सभी को मिट्टी नमूना कार्ड दे दिया स्वास्थ्य कार्ड जिससे कि किसान उसमें अपने मिट्टी की क्या स्थिति है क्या कमी है तत्वों की जानकारी करते हुए जमीन में उसी तत्वों का समावेश करते हैं और प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि हमारे उत्पादन पर बहत अच्छा असर पड़ रहा है ये बहुत ही अच्छी स्कीम है इसके तहत किसान अपना उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं कौशाम्बी के सिराथू विकास खण्ड के शम्साबाद गांव के किसान राकेश केसरवानी ने कहा सिराध्र विकास खण्ड के शमसाबाद गांव का मै निवासी हूं

भारत विविधता में एकता के लिए जाना जाता है पूरा देश विविध भाषा संस्कृति और धार्मिकता के धागों से ब्ना हआ है साझा इतिहास के साथ आपसी समझ की भावना ने भारत में विविधता में एकता विकसित की है इकत्तीस अक्टूबर दो हजार पन्द्रह को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न प्रदेशों के निवासियों के बीच सतत और सांस्कृतिक ज्ड़ाव का विचार दिया था एक भारत श्रेष्ठ भारत के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को अरूणाचल प्रदेश और मेघालय से सम्बद्ध किया गया है देश के पूर्वोत्तर में स्थित ये दोनों राज्य प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण हैं मेघालय इक्कीस जनवरी उन्नीस सौ बहत्तर को पूर्ण राज्य बना